मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के नैनादेवी क्षेत्र में किए करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास प्रदेश भाजपा प्रभारी तीरथ सिंह ने कहा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी पार्टी

ये सभी जवान जेके राईफल्स के हैं जो अपनी पोस्ट के नज़दीक के ही डयूटी पर तैनात थे बर्फ से निकाले गए जवान की पहचान राजेश कुमार के रूप में की गई है किन्नौर की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि भारतीय सेना आईटीबीपी और प्रदेश पुलिस के साथ स्थानीय लोगों द्वारा जवानों को बर्फ से निकालने के लिए युद्धस्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है हमारे किन्नौर प्रतिनिधि सीताराम नेगी के अनुसार ये जवान डयूटी पर तैनात थे और अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिले के अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज नैनादेवी क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी धलेट जंदोड़ी सड़क और बेहरड़ा सोलर पावर प्लांट का उदघाटन भी किया जुखाला और बस्सी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं शुरू करने की घोषणा की इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाक्र ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी उर्जा मंत्री अनिल शर्मा और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी इस मौके मौजूद रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल कांगड़ा जिले के देहरा और धर्मशाला के निकट जदरांगल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसरों की आधारशिला रखेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिलान्यास समारोह के बाद देहरा और जदरांगल में जनसभाओं का आयोजन भी होगा

वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि बाद में इस अस्पताल को एक सौ बिस्तरों का बनाया जाएगा

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र की अनेक पंचायतों में लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि युवाओं को सैनिक बलों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकाघाट में आर्मी कोचिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है विपिन परमार उधर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के अक्षैणा में जन सुनवाई की और अधिकांश शिकायतों का मौके पर निपटारा किया

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के कार्यकाल में गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जनमंच बैठक जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम जन शिकायतों के निपटारे का कारगर माध्यम बन चुका है सोलन में आज जनमंच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा जनता के बीच जाकर कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया जाएगा और जन शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

पौंग बांध पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के निवारण के लिए हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के बीच आज शिमला में द्विपक्षीय बैठक हुई हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि यदि राजस्थान सरकार पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नही करती है तो हिमाचल में ही विस्थापितों के लिए भूमि चयनित कर खरीदे जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार को करनी होगी राजस्थान के मुख्य सचिव ने बताया कि शेष बचे पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में ही भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी भाजपा टिकट प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह ने कहा है कि पार्टी आचार संहिता लगने के बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सुची जारी करेगी मण्डी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावों की तैयारी में व्यस्त है और प्रत्याशियों के चयन पर फिलहाल कोई विचार नही किया जा रहा है

शिमला भाजपा भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के तहत शिमला जिला भाजपा ने आज शोघी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें आम लोगों से सुझाव लिए गए

उन्होंने बताया कि आम लोगों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी दृष्टि पत्र बनाएगी रामस्वरूप कल्लू जिले की सैंज घाटी में दो दिवसीय सांसद स्वास्थ्य मेला लगाया गया है मेले के पहले दिन आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मेले का उदघाटन करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले लगाने की सुविधा दी गई है और इसके माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें मुफ्त दवाईयां दी जा रही हैं

उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों के निर्माण व सुधारीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी हुई जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात रूक रूक कर जारी है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के उपरी व जनजातीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी हिमपात और वर्षा की चेतावनी दी है जबकि मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है लाहौल स्पिति और चम्बा के कुछ स्थानों पर हिमखण्ड गिरने की चेतावनी जारी की गई है